भारत खिलौना मेले का वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ते और पर्यावरण अनुकल वस्तुओं से निर्मित हैं उन्होंने भारतीय खिलौना निर्माताओं से पर्यावरण और मस्तिष्क के अनुकूल खिलौने बनाने का अनुरोध किया श्री मोदी ने कहा कि किसी भी संस्कृति में जब खेल और खिलौने आस्था के केन्द्रों का हिस्सा बन जाए तो इसका अर्थ है कि वो समाज खेलों के विज्ञान को समझता है प्रधानमंत्री ने कहा कि अभिलेखों से भगवान राम के विभिन्न खिलौनों के बारे में जानकारी मिलती है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय खिलौने बच्चों में एकता की भावना को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है प्ले आघारित और गतिविधि आघारित शिक्षा को बढ़े पैमाने पर शामिल किया गया है एक ऐसी शिवा व्यवस्था है जिसमें बच्चों में पहलियों और खेलों के माध्यम से तार्किक और रचनात्मक सोच बढ़े इस पर विशेष ध्यान दिया गया है श्री मोदी ने वाराणसी के खिलौना निर्माताओं से खिलौनों का निर्माण करने का आग्रह किया इस मेले में एक हजार से अधिक खिलौना निर्माता भाग ले रहे हैं इस अवसर पर केंद्रीय कपडा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि खिलौना मेले में ग्यारह राज्यों के पेवेलियन दिखाई देंगे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

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नटवर्क पर इसका प्रसारण होगा यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूजआनएआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है लेकिन इसके बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है इस सम्बन्ध में थोड़ी लापरवाही भी भारी पड सकती है श्री योगी ने कई राज्यों में कोरोना के मामलों में वृद्वि को देखते हये अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के संक्रमण की चेन को तोड़ने में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसलिए इस व्यवस्था को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाये प्रयागराज में गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम तट पर प्रमुख स्नान पर्वो में से एक माघी पूर्णिमा पर आज वहां भारी संख्या में श्रद्वाल संगम तथा गंगा नदी के विभिन्न घाटो पर स्नान कर रहे हैं स्नान का कार्यक्रम अभी भी जारी है आज ही संत रविदास की जयंती भी मनायी जा रही है उनकी जन्म स्थली वाराणसी के सीर गोवर्धन में भक्तों की भीड उमड़ पड़ी है आज वहां जयंती कार्यक्रम के तहत शोभा यात्रा अमृतवाणी पाठ प्रवचन तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी संत रविदास की जयंती पर शोमायात्रा निकाली जा रही है गोरखपुर जिले के अलवापुर स्थित संत रविदास मंदिर में भी जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गये हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने ग्रु रविदास जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति श्री कोविंद ने एक संदेश में कहा कि गुरु रविदास एक महान संत और धर्म सुधारक थे जिनका पूरा जीवन मानवता को समर्पित था उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने भी संत रविदास की जयंती पर उनका पुण्य स्मरण किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट संदेशों में कहा कि संत रविदास ने कई शताब्दी पूर्व समानता सद्भावना और करुणा का संदेश दिया था जो सदियों तक देशवासियों को अनुप्राणित करता रहेगा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुरु रविदास ने पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास किये और उन्होंने सभी वर्गो के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया केंट्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज संत रविदास जयंती पर वाराणसी में सीर गोर्व्धन इलाके में रविदास मंदिर के दर्शन किए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चन्द्रशेखर आजाद को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्वांजलि अर्पित की एक ट्वीट में श्री नायड् ने कहा कि असाधारण नेता और सच्चे देशभक्त चन्द्रशेखर आजाद ने अनेक लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया उपराष्ट्रपति ने कहा कि मात्मूमि के लिए किया गया उनका सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद किया जायेगा

श्री शाह ने कहा कि चन्द्रशेखर आजाद के बलिदान से हमें अपना सर्वस्व मातृभूमि की सेवा में न्यौछावर करने की प्रेरणा मिलती है